बक्सर में एक युवती की अधजली लाश मिलने का हुआ उद्भेदन

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर में एक युवती को जिंदा जलाने के प्रयास के मामले में राज्य सरकार और पुलिस महानिदेशक को नोटिस भेजा है आयोग ने चार सप्ताह के भीतर मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है इधर इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है उन्होंने बताया कि पीड़िता को बेहतर इलाज के लिए पटना स्थित एक निजी अस्पताल भेजा गया है उन्होंने कहा कि पीड़िता का सरकारी खर्चे पर इलाज होगा बक्सर जिले के ईटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा गांव में पिछले दिनों एक यूवती के अधजले शव की बरामदगी का पूलिस ने उद्भेदन कर लिया है पूलिस अधीक्षक उपेन्द्र नाथ वर्मा ने बताया कि यह ऑनर किलिंग का मामला है उन्होंने बताया कि युवती की हत्या में उसकी मां भाई और पिता की संलिप्तता उजागर हुई है श्री वर्मा ने कहा कि आरोपी मां और भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि पिता की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है मृतका रोहतास जिले के दिनारा की रहने वाली थी पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में एक किशोरी को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है शिकारपुर के एसडीपीओ सूर्यकांत चौबे ने बताया कि प्रेम प्रसंग में इस घटना को अंजाम दिया गया उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है पीड़िता का नरकटियागंज अनुमंडल अस्पताल में इलाज चल रहा है अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि किशोरी सत्तर प्रतिशत से अधिक जल गयी है हाजीपुर में पिछले दिनों एक निजी फाइनांस कंपनी से इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक के सोना लूट मामले में पुलिस ने पटना जिले के बख्तियारपुर में छापेमारी कर लगभग दस किलो सोना बरामद कर लिया है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंपापुर गांव में एक संदिग्ध के घर छापेमारी के दौरान पुलिस को यह सफलता मिली है मौके से एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है शिवहर जिले के चिकनौटा गांव से एक बाज पक्षी को बरामद किया गया है जिसके शरीर पर खुफिया कैमरे और सोलर प्लेट लगे हैं ग्रामीणों ने जब इस पक्षी के शरीर पर इलेक्ट्रॉनिक यंत्र देखे तब इसकी सूचना पुलिस को दी गयी बाज को पुलिस ने अपने संरक्षण में लेकर यंत्रों की जांच शुरू कर दी है पश्चिम चंपारण से भाजपा के सांसद संजय जायसवाल ने मोतिहारी एएसपी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है श्री जायसवाल ने अपने पत्र में कहा है कि उनपर दुर्भावना के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और उनके घर की कुर्की जब्ती का आदेश भी निकाला गया उन्होंने कहा कि एएसपी ने बिना पूछताछ किये ही मुझे दोषी करार दिया जो पूरी तरह गलत है राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद ग्यारहवीं बार निर्विरोध पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किये गये हैं पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन आज पटना के बापू सभागार में आयोजित खुला अधिवेशन में इसकी आधिकारिक घोषणा की गयी वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने पर भी सहमति बनी समारोह को तेजस्वी प्रसाद यादव तेजप्रताप यादव शरद यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया

श्री पटेल ने पार्टी के खूला अधिवेशन में प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की प्रदेश में अब पंचायत समिति के बैंक खातों का संचालन उप मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य सचिव कर सकेंगे इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में बिहार वार्ड सभा तथा वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गयी संशोधित प्रावधान के अनुसार अब प्रखंड विकास पदाधिकारी की अनुसंशा पर जिला पंचायती राज अधिकारी द्वारा समिति के खाते का संचालन ग्राम पंचायत के उप मूखिया और पंचायत समिति के सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से हो सकेगा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक पैंसठ लाख से अधिक लोगों का ईलाज किया जा चुका है राज्यसभा में आज प्रक प्रश्नों का उत्तर देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि लोगों के उपचार के लिए पांच नवम्बर तक नौ हजार पांच सौ उनचास करोड़ रूपये खर्च किये जा चुके हैं उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत बीस हजार अस्पताल आते हैं और प्रत्येक परिवार को हर वर्ष पांच लाख रूपये का बीमा मिलता है समस्तीपूर से लोकसभा सांसद प्रिंस राज ने आज जिले के मुक्तापूर में तीन वर्षों से बंद पड़े रामेश्वर जूट मिल को फिर से चालू कराने की सरकार से मांग की शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए सांसद ने कहा कि मिल बंद होने के कारण लगभग पांच हजार मजदूर आर्थिक संकट में हैं उन्होंने मजदूरों के बकाये वेतन का तत्काल भुगतान सुनिश्चित कराने की भी सरकार से मांग की भाजपा सांसद आर के सिन्हा ने आज राज्यसभा में पटना विश्वविद्यालय का नाम महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर करने की मांग की शून्यकाल में यह मामला उठाते हुए श्री सिन्हा ने कहा कि वशिष्ठ बाबू बिहार की एक अमूल्य प्रतिभा थे जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय से ली थी मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आज प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किये गये पटना में बिहार मानवाधिकार आयोग के ग्यारहवें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने कहा कि गरीबों के अधिकार के लिए संस्थाओं को आगे आना चाहिए जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को उनके अधिकारों की जानकारी दी गयी प्रदेश में पहले चरण के तहत संपन्न एक हजार छह सौ दस पैक्स के चुनाव की मतों की गिनती लगभग प्ररी हो गयी है कई स्थानों पर विजयी उम्मीदवारों के बीच प्रमाण पत्रों का वितरण भी कर दिया गया है

विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि नेपाल से लगे तराई वाले क्षेत्रों पूर्वी और पश्चिम चंपारण मधुबनी सीतामढ़ी गोपालगंज समस्तीपुर दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है इसके बाद ठंड में बढ़ोतरी होगी आज दस डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा पटना का न्यूनतम तापमान बारह दशमलव छह गया का ग्यारह भागलपुर का तेरह दशमलव आठ और पूर्णिया का ग्यारह दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया सुपौल जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को दो सौ नब्बे बोतल नेपाली शराब के साथ गिरफ्तार किया है वहीं दरभंगा जिले के केवटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बेहटा चौक के पास पुलिस ने लगभग डेढ़ सौ बोतल नेपाली शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के मशरख थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक ट्रक से चार सौ तीस कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया के रामपुर थाना क्षेत्र के गेवाल बिगहा मुहल्ला स्थित मोटर पार्ट्स की दुकान में आग लग जाने से लाखो रूपये मूल्य की संपत्ति जलकर नष्ट हो गयी अररिया नगर थाना क्षेत्र स्थित एक निजी नर्सिंग होम को इलाज में लापरवाही बरतने के आरोप में सिविल सर्जन के आदेश पर सील कर दिया गया है समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के आधारपुर गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने भोजपुरी फिल्मों के कलाकार मिथिलेश पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गया में आज से शुरू हुए मगध विश्वविद्यालय अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता के पुरूष वर्ग में मिर्जा गालिब महाविद्यालय गया ने एएम कॉलेज गया को पराजित कर दिया

बक्सर में एक युवती की अधजली लाश मिलने का हुआ उद्भेदन